भाई की लंबी उम्र की कामना के साथ प्रदेश में मनाया जा रहा है भाईदूज

बिरसामुंडा जयंती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि राज्य शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा वे मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में शहीद बिरसा मुण्डा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे

इस अवसर पर जनजातीय जननायकों के आत्मसम्मान पर आधारित लघु फिल्म रणबांक्रे और एक फोल्डर का विमोचन किया

स्मारक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनजातियों के वनोपज पर सहज स्वाभाविक अधिकार को दुढ़ता के साथ लागू किया जायेगा वे कल मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि यदि कम दाम पर वनोपज बिकेगी तो समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार उसे खरीदेगी कोदो कृटकी ज्वार मक्का आदि के खाद्य प्रसंस्करण के प्रयास होंगे पांचवी अनुसूची के प्रावधानों पर विचार कर अमल में लाया जाएगा सेवा की आड़ में धर्मान्तरण नहीं होने दिया जायेगा

इसे राजस्थान के पाली में जेतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया जा रहा है

उनका जीवन सादगी भरा था और वे भगवान महावीर के संदेशों के प्रसार के लिए समर्पण भाव से काम करते रहे

उनके सम्मान में स्थापित की जा रही शांति प्रतिमा को स्टेचू ऑफ पीस का नाम दिया गया है जन आंदोलन सिद्धनाथ वर्मा राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक शाजापुर ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए साफ सफाई रखने मास्क पहनने और दो गज की दूरी का पालन करने की अपील की है

शपथ ग्रहण समारोह शाम चार बजे से साढ़े चार बजे के बीच आयोजित किया जाएगा नीतीश कुमार को कल सर्वसम्मति से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का नेता चुना गया था बाद में नीतीश कुमार और भाजपा की बिहार शाखा के अध्यक्ष संजय जायसवाल और अन्य नेताओं ने राज्यपाल फाग् चौहान से भेंट की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया

भाईदूज देशभर में आज भाई दूज का पर्व मनाया जा रहा है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यह त्यौहार मनाया जाता है आज के दिन बहने व्रत पूजा कथा आदि कर भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं और उनके माथे पर टीका लगाती हैं इसके बदले भाई भी उनकी रक्षा का संकल्प लेते हुए उपहार देते हैं यह त्यौहार रक्षाबंधन की तरह ही महत्व रखता है इंदौर जिले में भाई बहन के स्नेह का प्रतीक भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है भाई दूज पर बहने भाइयों के माथे पर तिलक कर उनकी सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करती हैं

इस लोक अदालत में राजस्व भूमि अधिग्रहण श्रम विवाद दीवानी मामले मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा सहित अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा

आज का दिन पूरे विश्व में मानवाधिकार और लोगों की आजादी के मूल सिद्धांत को मान्यॉता देने के लिए मनाया जाता है यह संदेश देता है कि लोग प्राकृ तिक रूप से विविधता सम्पन्न होते हैं दुनिया के प्रत्येक भाग में भिन्न समुदायों को सिर्फ सहिष्णुता के माध्यम से जोड़ा जा सकता है ऑल इंडिया रेडियो से बातचीत में नई दिल्ली स्थित यूनेस्को के प्रमुख एरिक फॉल्ट ने कहा कि असहिष्णुता से लड़ने की कुंजी शिक्षा में ही निहित है मौसम अरब सागर से आ रही नमी के चलते कल प्रदेश का मौसम अचानक बदल गया कई जिलों में सुबह से बादल छाए रहे वहीं कई जिलों में बारिश हुई भिंड मुरैना और श्योपुर में कई जगह तेज बारिश हई मुरैना में दस मिनट तक बेर के आकार के ओले भी गिरे जिले के माता बसैया क्षेत्र में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि क्छ दिनों बाद बर्फीली उत्तरी हवा चलने के बाद प्रदेश में तेज सर्दी पड़ना शुरू हो जायेगी

मेले में लाखों श्रद्वालुओं ने कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की